बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत फलों के समर्थन मूल्य और शिक्षकों के खाली पदों को भरने सहित कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं इसके अलावा विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि पर भी चर्चा हो सकती है विधि आयोग एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव पर नई दिल्ली में राजनीतिक दलों के साथ विधि आयोग का दो दिन का विचार विमर्श कल प्रा हुआ भाजपा ने अपने विचार पेश करने के लिए आयोग से कुछ और समय मांगा है जबकि कांग्रेस ने कहा है कि वह किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले अन्य विपक्षी दलों से इस बारे में सलाह मशविरा करेगी

बयान वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर रैसलिंग के नाम पर राजनीति चमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खेलों व प्रदेश की संस्कृति को उपेक्षित किया और इससे जुड़ी प्रतिभाओं की हमेशा से अनदेखी की है उन्होंने कहा कि इसके विपरीत भाजपा सरकार प्रदेश की प्रतिभाओं के सम्मान की चिंता करती है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए काम किया जा रहा है खाद्यान्न अच्छे मानसून अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल उत्पादकता में बढ़ोतरी होने से इस वर्ष देशभर में अधिक खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद है केंद्रीय कृषि सचिव शोभना पटनायक ने विश्वास बताया कि अगले कृछ दिनों में अच्छी वर्षा होने से बुआई के कार्यों में तेजी आएगी मौसम शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं इस बीच कल से मॉनसून के एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना है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

अर्द्वसैनिक बलों के शहीदों के परिजनों को भी मिलेगी नौकरी शीर्षक से अमर उजाला लिखता है हिमाचल सरकार ने नियमों में बदलाव कर जारी की अधिसूचना इसी पत्र की एक अन्य खबर है हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज कई अहम फैसले होंगे

आपका फैसला लिखता है लोकसभा चुनावों को तैयारियां शुरू चारों सीटों पर करेंगे कब्जा मौसम से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में फिर तेज बारिश की चेतावनी आज से फिर शुरू होगा बारिश का सिलसिला

आपका फैसला के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आज से फिर करवट लेगा मौसम

हिमाचल दस्तक की एक खबर है सरकार चलाने वाले अफसरों पर रिकवरी का खतरा मंडराया कैग ऑडिट ने एसीएस के पद ज्यादा होने पर पूछे सवाल

दैनिक सवेरा टाइम्स खेल मंत्री गोबिंद ठाकुर के हवाले से लिखता है शिमला में खुलेगी पहली रैस्लिंग अकादमी धर्मशाला से बाहर जाते ही बंद हो जाएगी बाइक शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है स्मार्ट सिटी में विदेश की तर्ज पर जीपीए बाइक शेयरिंग सिस्टम शुरू करने की योजना अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय नशे पर चिंता में लिखा है कि प्रदेश में हर दिन नशे के सामान का पकड़े जाना इस बात का सुबूत है कि यह अनैतिक कारोबार कितना बढ़ गया है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है कि किसी शालीन पर्यटक के लिए हम परोस क्या रहे हैं मीलों लंबे ट्रैफिक जाम असुविधाजनक इंतजाम तथा दर्शनीय स्थलों पर अनियंत्रित हुजूम शीर्षक है तो कौन आएगा आपका फैसला अपने संपादकीय पीएम के नक्शेकदम पर मुख्यमंत्री में लिखता है कि अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी विद्यार्थियों से मन की बात करेंगे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

नमस्कार